राज्य में कल से मौसम के तेवर फिर बिगड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी की ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फ्लैगशिप कार्यक्रम है प्रदेश सरकार भी राज्य के युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्व है ताकि उन्हें उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किया जा सके मुख्यमंत्री ने शिमला में ही राज्य एकल खिड़की स्वकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक की भी अध्यक्षता की

इन उद्योगों में एक हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा

ये जानकारी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में दी

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखने तथा नशे में लिप्त युवाओं के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं सुरेश भारद्वाज आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की नेहरा पंचायत के घरोग गांव में मोक्ष फाउंडेशन द्वारा स्थापित नशा मुक्ति केन्द्र में आयोजित नशा निवारण कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही युवा नवजीवन बोर्ड की स्थापना करेगी इसके माध्यम से मादक पदार्थों के प्रयोग की रोकथाम व नशाग्रस्त युवाओं की नशामुक्ति व पुनर्वास के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जाएंगी

उन्होंने कहा कि निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए सरकार देशभर में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन कर रही है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होने से जहां विकास को गति मिलेगी वहीं युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे वीरेन्द्र कंवर आज क्टलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयोजित रोज़गार मेले के मौके पर बोल रहे थे रिपोर्ट प्रदेश में पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाषा और गणित में देशभर में उच्च स्थान पर हैं और राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सीखने का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर है ये खुलासा देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की स्कूली शिक्षा और प्रतिनिधि नमूनों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद थे शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि पुलवामा में पाकिस्तान की नापाक हरकत को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आज धर्मशाला में आतंकी हमले के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान शांता कुमार ने कहा कि अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ने और कश्मीर समस्या का अंतिम समाधान करने का समय आ गया है जिसके लिए पूरा देश तैयार है उन्होंने अलगाववादियों को दी जा रही सुरक्षा को वापिस लेने के फैसले का भी समर्थन किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में स्थापित होने वाले ई एसआई अस्पताल में कामगारों के साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों को भी अत्याधुनिक और गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होंगी

बिंदल ने कहा कि ईएसआई अस्पताल कालाअंब का संचालन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा जबकि अस्पताल में आधारभूत ढांचे का सृजन केन्द्र सरकार करेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केवल वही समाज उन्नति करता है जो अपनी संस्कृति और परम्पराओं का सम्मान करता है मुख्यमंत्री आज शिमला के मैहली के निकट गुसान गांव में गायत्री चेतना केन्द्र के भूमि पूजन के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है इसी के चलते सरकार ने राज्य में संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गायत्री परिवार का ये केन्द्र समाज में समृद्ध परम्पराओं और मूल्यों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा देवव्रत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव न करने और प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करवाने पर बल दिया है ताकि वे अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें राज्यपाल आज हरियाणा के कैथल जिला के कमालपुर में एक संस्था द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि लड़की परिवार का गौरव है और उच्च पदों पर सेवारत्त होकर उनका राष्ट्र के समग्र विकास व समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को शिक्षा देने से सामाजिक आर्थिक बदलाव आते हैं

डॉक्टर सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के जुब्बड़ में एक निजी कम्पनी द्वारा क्षेत्र के कमजोर वर्गों के सौ परिवारों को एक हज़ार रूपए प्रतिमाह की पैंशन के चैक वितरित करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना आवश्यक है प्रदेश सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है

इनमें आकाशवाणी व दूरदर्शन के केलंग प्रतिनिधि कुंदन शर्मा और दो अन्य पत्रकार अशोक राणा व प्रेम लाल शामिल हैं कुंदन शर्मा को पिछले वर्ष लाहौल में आई प्राकृतिक आपदा में बेहतरीन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया इस आपदा के दौरान लोगों की मदद के लिए विभिन्न महिला मण्डलों और अन्य संस्थाओं को भी लला मेमे पुरस्कार से नवाजा गया है

एनएच के रामपुर स्थित अधिशाषी अभियंता प्रकाश नेगी ने बताया कि लगातार भूस्खलन के चलते फिलहाल इस मार्ग को बहाल करना मुश्किल है उन्होंने ये भी कहा कि भूस्खलन के कारण एनजेपीसी पावर प्रोजेक्ट की ओर जाने वाला मार्ग भी अवरूद्व हो गया है

इस बीच आज दोपहर बाद से लाहौल स्पीति किन्नौर तथा चम्बा ज़िला के पांगी तथा भरमौर की उंची पहाड़ियों पर रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जिससे इन क्षेत्रों में फिर से लोगों को खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है खराब मौसम के कारण आज लाहौल स्पीति और पांगी के लिए हैलीकॉप्टर की उड़ानें भी नहीं हो पाई इस कारण इन दोनों ही स्थानों पर बड़ी संख्या में घाटी से बाहर निकलने के लिए तैयार मरीजों और खासकर स्कूली छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पांगी घाटी के लोगों ने प्रदेश सरकार से घाटी के लिए वायुसेना के हैलीकॉप्टर की उड़ाने करवाने की मांग की है उधर लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी में एक महीने से बंद बीएसएनएल एक्सचेंज को तुरंत बहाल करने तथा टिंगरिट के लिए हैलीकॉप्टर उड़ाने करने की स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है

महिला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि महिला कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण संगठन है जिसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ पार्टी को मज़बूत करने का भी अहम दायित्व है महिला कांग्रेस की आज शिमला में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राठौर ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत महिला कांग्रेस को संगठित होकर आगे आने का आहवान किया ताकि चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की जा सके बैठक को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भी संबोधित किया